प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं इस चरण में तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश असम बिहार ओडिसा छत्तीसगढ पश्चिम बंगाल जम्म कश्मीर मणिपूर त्रिपूरा और पृद्दचेरी में मतदान होगा लोकसभा चुनाव सात चरणों में सम्पन्न होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में उनके मूल स्थानों में फिर से बसाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम शुरू भी हो चुका है आज जम्मू कश्मीर के कदुआ में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां घार्टी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार रही हैं इस बीच कोंग्रेस ने चुनावों के दौरान विपक्षी नेताओं पर आयकर छापों के औचित्य पर सवाल उठाया है पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दल और उम्मीदवारों के प्रचार में भारी राशि खर्च कर रही है

इस अवसर पर देशभर में आज कई समारोह हो रहे हैं राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन में डॉ अंबेडकर की प्रतिमा पर पृष्पांजलि अर्पित की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे अपने संदेश में राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा है कि डॉ अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड् ने एक ट्वीट संदेश में कहा डॉ अम्बेडकर नागरिक अधिकारो के प्रबल समर्थक थे उन्होंने सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉ अम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे इस अवसर पर मुम्बई में चैत्य भूमि और नागपुर में दीक्षा भूमि में लाखों आम्बेडडकरवादियों ने जुलूस में हिस्सा लिया हमारी संवाददाता ने बताया है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

ओएनजीसी में एक कार्यक्रम में राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित किये उन्होंने डॉ अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके कारण संविधान में महिलाओं के अधिकारों की भी बात कही गई है समारोह में केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ स्वराज विद्वान ने कहा कि बाबा साहेब सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे वे दलित शोषित और पिछड़े समाज के मसीहा थे मुख्यमंत्री त्रियेंद्र सिंह रावत ने देहरादन में डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान निर्माण में और दलितों के उत्थान में डॉ अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है उधर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी अंबेडकर जयन्ती के अवसर पर श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मातबर सिंह कंडारी ने कहा कि डॉ अंबेडकर ने संविधान निर्माण के साथ ही हर वर्ग को उचित सम्मान दिलाने का प्रयास किया

गोपेश्वर में जिला मुख्यालय से मंदिर मार्ग तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई और स्कली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तृत किये उत्तरकाशी में इस मौके पर छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली हिमालय अम्बडेकर सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी प्रंशांत आर्या ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यापर्ण करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की देहरादन में दरदर्शन और आकाशवाणी में एक श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित कर डॉ भीमराव अम्बेडकर को श्रद्वांसुमन अर्पित किये गये इस अवसर पर बाबा साहेब के आदर्शो और मूल्यों पर प्रकाश डाला गया कोटद्वार के झंडिचौड़ लोकमणिप्र और सिम्भलचौड़ सहित अन्य स्थानों पर भी अम्बेडकर जयन्ती ध्रमधाम से मनाई गई राम नवमी राम नवमी आज देश के कई भागों में आस्था और श्रद्वापूर्वक मनाई जा रही है कुछ भागों में यह त्यौहार कल भी मनाया गया था यह दिन भगवान राम के जन्म दिवस का प्रतीक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को बैसाखी विशु रोंगाली बिहु नव वर्ष पोहेला बोयशाख और पुथांडू पिराप्पू की बधाई दी है

आज बैसाखी के पावन पर्व पर कपाट खोलने की तिथि का ऐलान किया गया

भगवान को ग्रामीणों द्वारा नए अनाज के पकवान का भोग लगाया जाएगा जिसे स्थानीय भाषा में छाबड़ी पर्व कहा जाता है

आज सुबह गौरीकुंड स्थित गौरामाई मंदिर के कपाट खोल दिये गए दल रवाना श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अग्रिम दल आज बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए यह दल बदरीनाथ और केदारनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू करेंगे मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी बी डी सिंह ने बताया कि आज बैसाखी के अवसर पर अग्रिम दल को श्री नुसिंह मंदिर जोशीमठ से बदरीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया जबकि केदारनाथ के लिए श्री ऑकारेश्वर मंदिर उखीमठ से अग्निम दल रवाना हुआ

दल के सदस्य मंदिर परिसर से बर्फ हटाने विश्राम गृहों की मरम्मत साफ सफाई और बिजली पानी बहाल करेंगे

इस बार दोनों धामों में भारी बर्फबारी हुई है जिससे मंदिर समिति की परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा है

अचानक तबियत बिगडने पर उनको ओएनजीसी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्होंने अंतिम साँस ली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री पैन्युली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिपूर्णानंद पैन्युली का देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा साथ ही उन्होने छआछत के खिलाफ भी संघर्ष किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने श्री पैन्यूली के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि उन्होने हमेशा गरीबों असहायों और निम्न वर्ग के लिये काम किया मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रदेश कमेटी ने श्री पैन्यूली के निधन पर शोक व्यक्त करते हये कहा कि उन्होंने टिहरी रियासत को आजाद भारत में विलय कराने में अहम भूमिका निभाई साथ ही उन्होंने चकराता और उत्तरकाशी के जनजातीय क्षेत्रों के उत्थान के लिए काम किया वैशाखी आज वैशाखी का स्नान है हरिद्वार में इस अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए देशभर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है हर की पैड़ी सहित गंगा के अन्य घाटों पर भी सुबह से ही श्रद्धाल गंगा में डुबकी लगा रहे हैं गंगा स्नान के बाद श्रद्वाल मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और दान इत्यादि धार्मिक कर्मकांड भी कर रहे हैं

बताया जा रहा है कि अल्मोड़ा जिले में पहली बार तस्कर के कब्जे से अफीम भी बरामद हुई है एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन नया सवेरा अभियान के तहत यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है

खेल प्रतिभा खोज शिविर बागेश्वर जिले में बालिकाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में बढ़ावा देने के लिये खेल प्रतिभा खोज शिविर का आयोजन किया जा रहा है